श्री मोदी ने कहा भारत आने वाले वर्षो में आधुनिक आधारभूत ढांचे में दस खरब तीन अरब डॉलर का निवेश करेगा केन्द्र ने देश की एकता और अखण्डता में योगदान के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की शुरूआत की प्रदेश सरकार तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को इंसाफ न मिलने तक सालाना छह हजार रूपये की आर्थिक सहायता और उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वैश्विक निवेशकर्ताओं और कारोबारियों से कहा कि वे भारत में निवेश करें और यहां के विशाल बाजार बड़े आधारमुत ढांचे और बढ़ते स्टार्टअप अवसरों का लाभ उठायें न्यूयॉर्क में ब्ल्मबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम के वार्षिक आयोजन में मुख्य भाषण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार देश में कारोबारी माहौल बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है उन्होंने कहा कि भारत ने कार्पोरेट कर दरों में कमी की है बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंकों को सशक्त बनाने के लिए दिवाला और ऋण शोधन क्षमता संहिता तैयार की गई है और पिछले चार वर्षो में तीस करोड़ सतहत्तर लाख लोग बैंकों से जुड़े हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने फोरम को बताया कि आने वाले वर्षो में भारत आधुनिक आधारमूत ढांचे के लिए दस खरब तीन अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है

इसके अलावा भारत के सोशल इंफ्रास्ट्रक्वर पर भी लाखों करोड़ रूपये खर्च किए जा रहे हैं भारत की ग्रो स्टोरी में क्वालिटेटिव और क्वानटिटेटिव लीफ का रोड मैप जमीन पर उतर चुका है

उन्होंने कहा कि चार चीजें भारत को निवेशकर्ताओं के लिए विश्वसनीय बनाती हैं जिनमें लोकतंत्र जनसंख्या मांग और शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता शामिल है वहां मौजूद कारोबारियों से प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी तकनीक और हमारी प्रतिभा दुनिया को बदल सकती है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने समाज सुधारक और ब्लूमबर्ग के सी ई ओ माइकल ब्लूमबर्ग से बातचीत की और कहा कि भारत के समक्ष परमाणु ऊर्जा की चुनौती है श्री मोदी ने जैविक खेती आयुष्मान भारत योजना डिजिटल इंडिया और अटल टिंकरिंग लेब को बढ़ावा देने के लिए किये जा रहे प्रयासों की चर्चा की ब्लुमबर्ग ने कहा कि विश्व को सशक्त भारत की जरूरत है प्र्यानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल रात न्यूयार्क में कैरेवियाई देशों के नेताओं के सामने कैरीकॉम की अध्यक्षता की सम्मेलन में गुयाना त्रिनिदाद और टोबैगो सहित चौदह कैरेवियाई देशों के नेताओं ने भाग लिया प्रधानमंत्री ने बेल्जियम न्यूजीलैण्ड अर्मेनिया और एस्टोनिया के प्रधानमंत्रियों के साथ वार्ता की भारत की ओर से इन उच्च स्तरीय बैठकों का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र महासभा के चौहत्तरवे अधिवेशन से अलग वैश्विक मुद्दों पर एक साझा मंच तैयार करना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल न्यूयार्क में बेल्जयम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल से मेंट की और उन्हें यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी दोनों नेताओं ने यूरोपीय यूनियन के बीच रणनीतिक और सुरक्षा सम्बंधों को और मजबूत करने पर भी चर्चा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फॉउनडेशन ने ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया है श्री मोदी ने यह प्रस्कार उन भारतीयों को समर्पित किया जिन्होंने स्वच्छ भारत अमियान को जन आंदोलन में बदल दिया और अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जब एक सौ तीस करोड़ लोग शपथ लेते हैं तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं श्री मोदी ने कहा यह सम्मान मेरा नहीं बल्कि उन करोड़ों भारतीयों का है जिन्होंने स्वच्छ भारत के संकल्प को न केवल सिद्द किया है बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ढाला भी है केन्द्र ने देश की एकता और अखण्डता में योगदान देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सर्वेच्च नागरिक सम्मान प्रस्कार की शुरूआत की है यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने और उल्लेखनीय तथा प्रेरणादायक योगदान के लिए दिया जाएगा इक्कतीस अक्तुबर को सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार की घोषणा की जाएगी ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा प्रदेश सरकार ने तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को इंसाफ न मिलने तक सालाना छह हजार रूपये की आर्थिक सहायता और उनके बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने की घोषणा की है लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं के साथ संवाद के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल यह घोषणा की मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाओं को केन्द्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जायेगा श्री योगी ने कहा कि सरकार तीन तलाक पीड़िताओं के साथ है मुख्यमंत्री के साथ संवाद कार्यक्रम में तीन तलाक पीड़ित महिलाओं ने अपनी समस्याओं को भी साझा किया प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अल्पसंख्यक बाहत्य क्षेत्रों में शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिये चौबीस परियोजनाओं का लोकार्पण और चौव्वन परियोजनाओं शिलान्यास भी किया स्वास्थ्य और परिवार कत्याण मंत्री डॉक्टर हर्षकर्धन ने कल नई दिल्ली में टीवी हारेगा देश जीतेगा अभियान की श्रूआत की इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत दो हजार पच्चीस तक टीबी उन्मूलन के लिए प्रतिबद्व है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में ही नहीं बल्कि निजी अस्पताल जा रहे मरीजों को भी टीबी की दवा मुफ्त दी जा रही है राष्ट्र ने कल प्रखर राष्ट्रवादी और महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि दिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्वांजलि दी एक ट्वीट में श्री मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को देश के महानतम व्यक्तियों में से एक बताया

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयन्ती पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के चारबाग स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृतिका में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एकात्म मानववाद और अन्त्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने गांव गरीब किसान नौजवान महिलाओं और शोषित वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान का जो सपना देखा था वह आज पूरा हो रहा है गरीब के घर में भी बिजली का बल्ब जलना चाहिये हर गरीब को खाद्यान की सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिये और हर गरीब को भी वेहतर स्वास्थ्य सुविधा लेने का अधिकार होना चाहिये

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयन्ती पर भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता प्लास्टिक से मुक्ति जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया प्रदेश में गोरखपुर बस्ती सिद्वार्थनगर क्शीनगर मथुरा मेरठ चित्रकूट हमीरपुर सहित विभिन्न जनपदों में अन्त्योदय के प्रणेता तथा प्रखर विचारक पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयन्ती ध्रमधाम से मनाई गई बस्ती जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद हरीश ट्विवेदी ने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने अपना सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित किया तथा उनके द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद में सम्प्रदाय से ऊपर उठकर अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास की कल्पना निहित है प्रधानमंत्री आयष्मान योजना गरीब वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है इस योजना के अंतर्गत पाँच लाख रूपये तक का निशुल्क इलाज उपलब्ध होता है यह योजना ऐसी बीमारियों में लोगों के लिए जीवनदायिनी हैं जिनका इलाज बहुत महंगा है और गरीब तबके के लोगों के लिए बिना किसी आर्थिक सहायता के इलाज कराना संभव नहीं है लखनऊ स्थित केजीएमयू आर्थोपेडिक विभाग के डॉक्टर संतोष कुमार बताते हैं कि यहां ओ पी डी में पांच से छः मरीज प्रतिदिन इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा रहे हैं और लाखों रुपये का इलाज सिर्फ गोल्डन कार्ड दिखाकर हो रहा है प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत गरीब मरीजों को चिकित्सा विश्वविद्यालय में लाभ प्राप्त हो रहा है

इसमें आर्थापेडिक की बड़ी बड़ी सर्जरी जैसे घृटना प्रत्यारोपण कृत्हा प्रत्यारोपण या एसियल रिकन्ट्रक्शन की सर्जर हो रही है इसी क्रम में हमारे अण्डर में एक मरीज भर्ती है जिसका नाम सुधा वर्मा हैं वो कृशीनगर की रहने वाली है उसका कृत्हे का सफल प्रत्यारोपण किया गया है और लाभ प्राप्त कर रही है हमारी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उवाएं